श्री मोदी ने राज्यों में विशेष रूप से जांच बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया

श्री मोदी ने कहा कि राज्यों ने के विचार विमर्श के जरिये एक दूसरे के अनुभवों से बहुत कुछ सीखा है

राज्य में दो दिनों से कोरोना वायरस से संक्रमित होने वालों की तुलना में स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है पिछले चौबीस घंटे में छह सौ बिरासी संक्रमितों ने कोरोना को मात दी वहीं पांच सै इक्यानबे नए पॉजिटिव मामले और दो संक्रमितों की मौत हो जाने की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की है

वहीं इस दौरान सर्वाधिक पूर्वी सिंहभूम से एक सौ पचास पलामू से एक सौ अट्टाइस और रांची से एक सौ तीन संक्रमित मिले हैं इस तरह राज्य में अब कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर उन्नीस हजार सात सौ उनहतर हो गई है इसमें आठ हजार सात सौ बीस सक्रिय मामले है जबकि स्वस्थ होनेवालों की कुल संख्या दस हजार पांच सौ पचपन और मृतकों की कुल संख्या एक सौ चौरान्बे है राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर चौवन दशमलव दो एक प्रतिशत है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

स्वास्थ्य सचिव डॉ नितिन मदन कलकर्णी ने बताया कि कोरोना संक्रमण को लेकर उच्च जोखिम क्षेत्र में काम करने वाले चिकित्सक नर्स और अन्य स्वास्थ्यकर्मी एक सप्ताह के लिए क्वारेंटीन होंगे इसके उपरांत आईसीएमआर के टेस्टिंग प्रोटोकॉल के अनुसार उन सभी की जांच की जाएगी इसमें जो संक्रमित पाए जाएंगे उनका कोविड अस्पताल में इलाज होगा और जो संक्रमित नहीं मिलेंगे वे फिर से ड्यूटी करेंगे स्वास्थ्य सचिव ने यह भी बताया कि सभी कोविड अस्पतालों में एक संक्रमण नियंत्रण पदाधिकारी नियंक्त किए जाएंगे जो चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों के संक्रमण से बचाव व नियंत्रण की व्यवस्था करेंगे नए दिशा निर्देश के तहत सभी स्वास्थ्यकर्मियों को अपनी चिकित्सीय स्थिति की जानकारी अस्पताल के अधिकारियों को अनिवार्य रुप से देंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि किसानों की कर्ज माफी को लेकर सरकार जल्द ही फैसला लेगी श्री सोरेन ने कल संवाददाताओं को संबोधित करते हुए बताया कि कर्ज माफी को लेकर कृषि विभाग की ओर से नियमावली तैयार कर ली गयी है और दो हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री किसान योजना के लिए नये किसानों का नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है इसके बाद लाभुक किसानों की नयी सूची जारी की जायेगी राज्य सरकार ने अस्सी विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है

इनमें सभी जिलों के जिला स्कूल भी शामिल हैं शिक्षा विभाग द्वारा इसे लेकर तैयार किये गये प्रस्ताव के तहत हर जिले में एक बालिका विद्यालय को भी उत्कृष्ट विद्यालय बनाया जायेगा जिन जिलों में बालिका विद्यालय नहीं होंगे वहां कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय को इसमें शामिल किया जायेगा इसके अलावा सभी नगर निकाय क्षेत्रों में एक एक विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित करने की योजना है

हिंदू उत्तराधिकार कानून इसी दिन से लागू किया गया था

रेलवे ने कहा है कि दो सौ तीस विशेष ट्रेनों को छोड़कर बाकी सभी नियमित यात्री ट्रेनें अगले आदेश तक निलंबित रहेंगी रेलवे ने यह भी कहा कि विशेष ट्रेनों में यात्रियों की संख्या पर नियमित नजर रखी जा रही है और जरूरत के हिसाब से और विशेष ट्रेनें चलायी जा सकती है गौरतलब है कि कोरोना संकट को लेकर लागू लॉकडाउन के समय से ही नियमित यात्री ट्रेनों का परिचालन बंद है गिरिडीह जिले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत मिशन मोड़ में शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है शौचालय निर्माण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रखंड पुरस्कृत किये जायेंगे

दीवारों पर पेंटिंग और स्लोगन के माध्यम से स्वच्छता और साफ सफाई के बारे में बताया जा रहा है इसमें महिलाओं की बढ़ चढ़ कर भागीदारी चाईबासा में स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित होनेवाले मुख्य समारोह में कोरोना की रोकथाम को लेकर बेहतर कार्य करने वाले चिकित्सकों नर्सो स्वास्थ्यकर्मियों सफाईकर्मियों और अन्य कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया जाएगा जिले के उपायुक्त अरवा राजकमल ने बताया कि बेहतर कार्य करने वाले कोरोना वॉरियर्स का चयन करने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है साहिबगंज जिले में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है इस वजह से दियारा क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है जिले के उपायुक्त और अपर समाहर्ता सह आपदा प्रबंधन प्रभारी ने दियारा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया

ऐसे में लोगों को दियारा क्षेत्र से निकालकर सुरक्षित क्षेत्रों में ले जाने की तैयारी चल रही है खूंटी में अफीम माफियाओं के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है

दैनिक भास्कर ने एक करोड़ रुपये के लिए बीआईटी मेसरा के छात्र का अपहरण कर हत्या करने के पांच आरोपियों की गिरफ्तारी और चार सीआईएसएफ अफसर और जवानों द्वारा प्लाजमा डोनेट करने की खबर को प्रमुखता के साथ पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है प्रभात खबर ने रांची के जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में नियुक्ति को लेकर निकाली गयी फर्जी वेकेंसी की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है दैनिक हिन्दुस्तान ने राज्य में कोरोना संक्रमण के पिछले चौबीस घंटों के आंकड़ों को और घाटशिला जेल में हवलदार की हत्या करने वाले सिपाही की गिरफ्तारी की खबर को पहले पत्ने पर प्रकाशित किया है हजार करोड़ का हवाला कारोबार घेरे में आये चीन के नागरिक शीर्षक से खबर को दैनिक जागरण ने पहले पत्रे पर जगह दी है इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू करने की खबर को भी पहले पन्ने पर जगह दी है अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया चीन के साथ चल रहे विवाद के बीच भारतीय सेना की पुख्ता तैयारियों की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है